प्रति दिन क्रमानुसार सिर्फ पचास प्रतिशत छात्रों को ही उपस्थिति की अनुमति और क्रिसमस का त्योहार आज पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है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

एक बटन दबाकर प्रधानमंत्री नौ करोड से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में अठारह हजार करोड रुपये से अधिक राशि अंतरित करेंगे प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान बिहार समेत छह राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये का वित्तीय लाभ मिलता है यह राशि चार महीने के अंतराल पर दो दो हजार रूपये की तीन समान किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी छियानवीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है इस मौके पर उनके समाधि स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री आज संसद में वाजपेयी नामक प्रस्तक का विमोचन भी करेंगे यह प्रस्तक लोकसभा सचिवालय ने प्रकाशित की है और इसमें वाजपेयी जी के जीवन और कार्यों का उल्लेख है इस पुस्तक में संसद में श्री वाजपेयी के महत्वपूर्ण भाषण भी प्रकाशित किये गए हैं पुस्तक में श्री वाजपेयी के सार्वजनिक जीवन के कुछ दुर्लभ फोटो भी हैं श्री वाजपेयी लोकसभा के लिए दस बार और राज्यसभा के लिए दो बार चुने गए थे वे उत्कृष्ट सांसद थे तथा लोगों को उनके नेतृत्व में विश्वास स्नेह और भरोसा था प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण योगदान किये जिससे साहसिक सुधारों और ढांचागत विकास के माध्यम से मजबूत अर्थव्यवस्था का रास्ता साफ हुआ नए कृषि कानूनों के समर्थन में तीन लाख से अधिक किसानों ने एक ज्ञापन कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को सौंपा इसमें तीन लाख तेरह हजार से अधिक किसानों को हस्ताक्षर हैं श्री तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर देशभर के किसानों में जोश है कृषि मंत्री ने कहा कि कि कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त करना सरकार का कर्तव्य है और भविष्य में ऐसा होता रहेगा कृषि मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धहै बाईट तोमर इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल ना संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है यह बिल बरसों बाद संसद में पारित हुए हैं और इससे किसान के जीवन में खुशहाली आयेगी मैं इस अवसर पर किसान मजदूर संगठन के सभी पदाधिकारीकार्यकर्ता सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं राज्य सरकार ने सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग संस्थानों को खोलने के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि चार जनवरी से सभी सरकारी और निजी विद्यालयों की नौंवी से बारहवीं तक की कक्षाओं खोला जायेगा साथ ही सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष की कक्षाएं तथा सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी इसी दिन से खुल जायेंगे कक्षाओं में क्रमानुसार एक दिन में सिर्फ पचास प्रतिशत विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति होगी शेष पचास प्रतिशत अगले दिन स्कूल आयेंगे बैठने की व्यवस्था के दौरान दो गज की दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा स्कूलों के गेट पर ही बच्चों को दो दो फेस मास्क उपलब्ध करायें जायेंगे स्कूलों में खेल के पीरियड नहीं आयोजित होंगे अभिभावक की सहमति के बाद ही छात्र स्कूल या कॉलेज आ सकेंगे सभी स्कूल प्रबंधनों को शिक्षकों और कर्मचारियों को कोविड से बचाव संबंधी प्रशिक्षण देने को कहा गया है अठारह जनवरी को प्राइमरी कक्षाओं को खोलने पर फैसला पहले चरण की स्थिति के मूल्यांकन के बाद ही किया जायेगा

मास्क पहनने कक्षाओं को प्रतिदिन सेनेटाईज करने हाथ धोने के लिये सादृन और सेनेटाइजर की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं

रैक्षणिक संस्थानों के अंदर खाद्य सामग्रियों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी संस्थान द्वारा चलाये जा रहे वाहनों को नियमित रूप से एक दिन में दो बार सेनेटाइज करना होगा विद्यालय प्रबंधन से कहा गया है कि अपने नजदीकी स्थल पर चिकित्सक या नर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नए वर्ष से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की है वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह में श्री गडकरी ने कहा कि अगले वर्ष पहली जनवरी से फास्टैग प्ररी तरह लागू होगा श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग वाहन चालकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर नहीं रूकना पड़ेगा

प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर की हड़ताल के कारण प्रदेश भर में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई हैं तीन दिनों से जारी हड़ताल के कारण ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं पर असर पड़ा है साथ ही मरीजों के ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहे हैं जूनियर डॉक्टर अपना स्टाईपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर तेईस दिसम्बर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने चिकित्सकों से काम पर वापस लौटने की अपील की है उन्होंने कहा है कि सभी मांगों पर जल्द से जल्द विचार कर फैसला किया जायेगा केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने देर रात मुजफ्फरपूर स्थित श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में औचक निरीक्षण किया इस दौरान स्पर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल के निर्माण में देरी पर अधिकारियों को फटकार लगायी और काम में तेजी लाने का निर्देश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सत्ताइस दिसम्बर को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में स्थित लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह बहत्तरवां संस्करण होगा

प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख बयालीस हजार सात सौ छियासठ हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच सौ बाईस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव तीन सात प्रतिशत है इसी अवधि में चार लोगों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ इकहत्तर हो गया है वहीं एक दिन में कोविड उन्नीस के छह सौ अड़सठ नये मामलों की पुष्टि हुई है कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख उनचास हजार तीन सौ छत्तीस हो गयी है पिछले चौबीस घंटे के दौरान सबसे अधिक दो सौ बयासी मामले पटना जिले से सामने आये हैं प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या पांच हजार एक सौ अंठानवे है जाने माने चिकित्सक मानस कमल सेन ने लोगों से कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है उन्होंने सर्दियों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है

जितने भी हमारे दिशा निर्देश हैं इस विषय में जैसे सामाजिक दूरी बरकरार रखना हाथ का धोना और मास्क का सही इस्तेमाल करना इसको हमें सदैव मन में रखते हुए तब आगे बढ़ना है जहां तक हो सके भीड़ से हमें दूरी बनाए रखना है घर में ही त्योहार मनाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं तो हम भी इसका सही तरीके से पालन करें दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं इस अवसर पर लोग क्रिसमस ट्री रंग बिरंगे कागज के सितारों और फूलों के हारों से अपने घरों को सजाते हैं तथा उपहारों का आदान प्रदान भी करते हैं हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्रिसमस के अवसर पर इस बार प्रदेश के गिरिजाघरों में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा साथ ही गिरिजाघरों में सामूहिक प्रार्थना सभा का भी आयोजन नहीं होगा श्रद्वालुओं से अपने घर में ही प्रार्थना करने की सलाह दी गयी है भगवान यीशु के जन्मोत्सव पर बनने वाले गौशाला का आकार भी इस बार अपेक्षाकृत छोटा रखा गया है इधर क्रिसमस के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशियां मनाने का दिन है यह दिन लोगों के जीवन को शांति सद्भाव और दया की भावना से परिपूर्ण करता है राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है मौसम विभाग के अनुसार कल से पूरे प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जायेगा जिसके प्रभाव से औसत तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि अगले दो दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा केन्द्र सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार की दस खेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है इन परियोजनाओं के लिए इक्यावन करोड़ रूपये की राशि की स्वीकृति दी गयी है इसके अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर कैम्पस और भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कैम्पस में स्वीमिंग पुल निर्माण की स्वीकृति मिली है इसके अलावा पूर्णिया और छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में सिंथेटिक ट्रैक बनाये जायेंगे इधर फर्जी प्रमाण पत्र देकर नौकरी लेने के आरोप में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने सामान्य प्रशासन विभाग से जूडो की दो खिलाड़ी ओम शांति देवी और रूपा रानी पर प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुशंसा की है इससे पहले कुश्ती के भी दो खिलाड़ियों पर फर्जी प्रमाण पत्र देकर नौकरी लेने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है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 हिन्दुस्तान ने प्रदेश में चार जनवरी से सरकारी और निजी स्कूल खोले जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है छात्र शिक्षकों के स्वास्थ्य की नियमित जांच होगी किसान आंदोलन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है किसानों को फिर वार्ता का बुलावा दैनिक भास्कर ने उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है पीएम ने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम से कहा विकास के काम में भाजपा की भी भागीदारी दिखनी चाहिए प्रभात खबर ने उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद के हवाले से लिखा है बिहार में जल्द होगा कैबिनेट के विस्तार

प्रति दिन क्रमानुसार सिर्फ पचास प्रतिशत छात्रों को ही उपस्थिति की अनुमति और क्रिसमस का त्योहार आज पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है